कोविड नाइन्टीन आपात कोष गठित करने के लिए भारत का एक करोड़ डॉलर की प्रारम्भिक राशि का प्रस्ताव

राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने यूपी रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रापर्टी अध्यादेश दो हजार बीस को दी मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोवल कोरोना वायरस की चुनौती से निपटने के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क देशों के स्वैच्छिक योगदान के आधार पर कोविड नाइन्टीन आपात कोष गठित करने का प्रस्ताव किया है उन्होंने कहा कि भारत इस कोष की शुरूआत करने के लिए एक करोड़ डॉलर दे सकता है श्री मोदी ने कहा कि भारत चिकित्सकों और विशेषज्ञों की एक रैपिड रिस्पांस टीम बना रहा है भारत की पहल पर क्षेत्र में कोविड नाइन्टीन का सामना करने के लिए साझा रणनीति बनाने के वास्ते सार्क देशों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई श्री मोदी ने कहा कि भारत में वायरस से संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए इंटीग्रेटिड डिजीज सर्विलेंस पोर्टल स्थापित किया है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सार्क देश क्षेत्र में महामारियों पर नियंत्रण के लिए हो रहे शोध के वास्ते एक कॉमन रिसर्च प्लेटफार्म बना सकते हैं श्री मोदी ने कहा कि सार्क देशों को कोविड नाइन्टीन कोरोना वायरस की स्थिति से निपटने के लिए एक साथ तैयारी एक साथ काम और एक साथ सफल होना चाहिए उन्होंने कहा कि सार्क क्षेत्र में बहुत कम एक सौ पचास से भी कम मामले सामने आए हैं लेकिन क्षेत्र को सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि यह विश्व की आबादी के पांचवे हिस्से का घर है प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से निपटने के भारतीय अनुभव का उल्लेख करते हए कहा कि भारत का तैयारी करो पर भयभीत नहीं हो मूल मंत्र रहा है उन्होंने कहा कि भारत ने जनवरी मध्य से ही प्रवेश पर जांच शुरू कर दी थी और यात्रा पर प्रतिबंध बढ़ा दिए थे उन्होंने कहा कि चरण बद्ध ढंग से काम करने से दहशत रोकने में मदद मिली श्री मोदी ने कहा कि इलाज करने की क्षमताएं बढ़ाई जा रही हैं और दो महीने के भीतर भारत ने देश भर में छाछठ और प्रयोगशालाएं बनाई है उन्होंने बताया कि लगभग एक हजार चार सौ भारतीय विभिन्न देशों से स्वेदश लाए गए हैं श्री मोदी ने आश्वासन दिया कि भारत अपने पड़ोसियों के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगा मॉलदीव के राष्ट्रपति इब्राहीम मोहम्मद ने कोविड नाइन्टीन आपात कोष की स्थापना के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि वायरस की अभूतपूर्व स्थिति से निपटने के लिए साझे प्रयासों की आवश्यकता है श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबया राजपक्ष स्वावेह ने क्षेत्रीय देशों को जांच किट और अन्य सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया उन्होंने जोर देकर कहा कि वायरस की चुनौती से निपटने के लिए दक्षिण एशिया में साझा विचार और सर्वोत्तम प्रयासों की आवश्यकता है अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने प्रधानमंत्री के विभिन्न सुझावों का स्वागत किया उन्होंने महामारी से निपटने के लिए साझा सहयोग कार्यक्रम की जरूरत बताई बंगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वुहान से तेईस बंगलादेशी छात्रों को वापिस लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने कहा कि वायरस की चुनौती का सामना करने के लिए प्रभावी रणनीति और सामूहिक मजबूत इच्छाशक्ति महत्वपूर्ण है भूटान के प्रधानमंत्री डॉ लोते छेरिंग ने कोविड नाइन्टीन राहत कोष स्थापित करने का स्वागत किया और कहा कि वायरस से निपटने में विशेषज्ञों का योगदान होगा पाकिस्तान के स्वास्थ्य राज्यमंत्री डॉ जफर मिर्जा ने कहा कि उनका देश वायरस पर क्षेत्रीय चिंताओं को साझा करता है उन्होंने कहा कि सर्वोत्तम की उम्मीद करते हुए सबसे बूरे की तैयारी करनी चाहिए देश में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक एक सौ सात मामलों की पुष्टि हो चुकी है इनमें कल सामने आए तेईस नए मामले भी शामिल हैं संक्रमण के ताजा मामलों में सत्रह महाराष्ट्र से तीन केरल से दो तेलंगाना से और एक राजस्थान से है अब तक देश में कोरोना के संक्रमण वाले नौ मरीजों को इलाज के बाद छ्टी दी जा चुकी है जबकि दो की मौत हुई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के विशेष सचिव संजीव कुमार ने बताया कि सरकार भारतीय नागरिकों के लिए कोरोना वायरस संक्रमण के पहले और दूसरे चरण की जांच निःशुल्क करा रही है उन्होंने यह भी बताया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में चौबीसों घंटे काम करने वाला हेल्पलाइन नम्बर नाइन नाइन सेवन वन एट सेवन सिक्स फाइव नाइन वन श्रू किया गया है इस नम्बर पर डॉक्टरों से सीधे संपर्क किया जा सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सतर्कता व सावधानी से कोरोना वायरस पर नियंत्रण पाया जा सकता है उन्होंने प्रदेश के समी जनपदों के जिलाधिकारियों को अपने अपने जनपदों में कोरोना वायरस से बचाव के सम्बन्ध में समयबद्व ढंग से पूरी तैयारी सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं

सभी जनपद कोरोना के सम्बन्ध में प्रतिदिन की रिपोर्ट तैयार कर शासन को उपलब्ध कराएं मुख्यमंत्री कल अपने सरकारी आवास पर नोवेल कोरोना वायरस के सन्दर्भ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी मण्डलायक्तों जिलाधिकारियों मुख्य चिकित्साधिकारियों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे

भारत सरकार ने कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए पाकिस्तान स्थित करतारपुर सााहिब गुरूद्वारा के लिए तीर्थयात्रा और उसका पंजीकरण फिलहाल रोक दिया है यह व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी नेपाल बंगलादेश और म्यांमार के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर जांच चौकियों से विदेशी यात्रियों के आवागमन पर भी रोक लगा दी है कोरोना वायरस संक्रमण के बारे में किसी भी जानकारी या सहयोग के लिए चौबीसो घंटे चलने वाली हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है इसका नंबर है शून्य एक एक दो तीन नौ सात आठ शून्य चार छः विदेश मंत्रालय ने कोरोना वायरस से संबंधित उपायों में तेजी लाते हुए विदेशों में फसे भारतीयों की सुरक्षा के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया है जो इस बारे में समन्वय स्थापित करेगा विदेश मंत्रालय में अपर सचिव दम्मू रवि को इस काम के लिए संबद्व अधिकारी नियुक्त किया गया है विदेशमंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रंगला व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं ईरान और इटली से कल चार सौ पचास से अधिक भारतीय विमान से भारत लाये गये ईरान से कल एयर इंडिया के दो विमानों के जरिए स्वदेश लाए गए दो सौ छत्तीस भारतीय जैसलमेर पहुंच गए इन्हें जैसलमेर में चौदह दिन तक प्रथक रखकर इनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जाएगी उधर इटली के मिलान से दो सौ अट्ठारह भारतीय भी कल सुबह एयर इंडिया के विमान से नई दिल्ली पहुंचे विदेश राज्य मंत्री वीमुरलीधरन ने बताया कि इन समी को दो सप्ताह तक अलग थलग रखा जाएगा इन्हें छावला स्थित आईटीबीपी के पृथक स्वास्थ्य निगरानी केंद्र में रखा गया है राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने यूपी रिकवरी ऑफ डैमेज ट्र पब्लिक एंड प्राइवेट प्रापर्टी अध्यादेश दो हजार बीस को कल मंजूरी दे दी इस अध्यादेश में राजनीतिक जुलूस प्रदर्शन हड़ताल व बंद के दौरान सरकारी व निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने पर उपद्रवियों से वसूली के लिए कड़े प्रावधान किये गये हैं इसके लिए प्रदेश सरकार सेवानिवृत्त जिला जज की अध्यक्षता में क्लेम ट्रिब्यूनल बनायेगी इसके फैसले को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी ट्रिब्यूनल को आरोपी की सम्पत्ति की कर्की करने का अधिकार होगा साथ ही वह अधिकारियों को आरोपी का नाम पता व फोटोग्राफ प्रचारित प्रसारित करने का आदेश दे सकेगा कि आम लोग उसकी सम्पत्ति की खरीदारी न करें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कल हापुड़ में पार्टी के पश्चिम क्षेत्र के मंडल प्रभारियों एवं बूथ अध्यक्षों की कार्यशाला को सम्बोधित किया उन्होंने मंडल प्रभारियों का दायित्व संभालने वाले कार्यकर्ताओं से कहा कि वे पार्टी संगठन का विस्तार गांव गांव और घर घर तक जाकर करें संगठन को मजबूती प्रदान करने तथा आगामी चुनावों के मद्देनजर पार्टी पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये बाद में पत्रकारों के साथ बाचचीत में सीएए के मुद्दे पर श्री सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को आन्दोलन करने का अधिकार है लेकिन आन्दोलन हिंसक नहीं होना चाहिए